राज्य मंत्रिमंडल की गत रविवार को हुई बैठक में राज्य सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की परियोजनाओं और योजनाओं को अग्रिम रुप से पहचानने और उसे बजट दस्तावेज में शामिल किए जाने का भी निर्णय लिया मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने किसी भी अभियंता द्वारा अपने आप तैयार किया कई भी डी पी आर या अनुंमान प्रस्तुत नहीं किये जाने का फैसला किया है किसी भी परियोजना या योजना की डी पी आर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उचित चैनल के माध्यम से संबंधित अभियंता द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि क्षेत्र के विकास की देखरेख करने के लिए प्रत्येक मंत्री और सचिव को एक एक जिला सौंपा जाएगा

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल सातवें राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित रखने और उन्हें सुरक्षा तथा हिंसा मुक्त अरुणाचल देने के प्रति प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सुरक्षा तंत्र का व्यापक और आधुनिकीकरण करेगी राज्य मे नशीली पदार्थों के सेवन से परिवार के ट्रटने के अलावा युवा जीवन के नष्ट होने को स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नशे की लत के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक स्टेट नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरों खोलेगा

खोंसा वेस्ट से निर्वाचित स्वर्गीय तिरोंग अबोह को राज्य विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई और विभिन्न सदस्यों ने स्वर्गीय अबोह की विशेषताओं को याद किया श्री अबोह और दस अन्य लोगों की ईक्कीस मई को एक उग्रवादी हमले में हत्या कर दी गई थी विधानसभा में स्वर्गीय अबोह को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा कि इस मामले के जांच का राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन आइ ए को सौंप दिया गया है उन्होंने आशा प्रकट की कि जल्द ही एन आइ ए की टीम तिरप पहुंचकर इस मामले की जांच शुरु कर देगी श्री खाण्डू ने कहा कि इस मामले में सीमावर्ती जिलों में उग्रवाद से निपटने के लिए जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे वो विभिन्न एजेंसियों द्वारा नही उठाए गए आज विश्व पर्यावरण दिवस है दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरुकता के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें भारत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टवीट कर कहा है कि प्रकृति के साथ सामांजस्य से भविष्य बेहतर होगा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने और ताजी हवा लेने के लिए लोगों को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पर्यावरण मंत्री ने देश के राजमार्गों के किनारे सवा सौ करोड़ वक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को आठ पौधे लगाने चाहिए देशभर सहित अरुणाल प्रदेश में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने लोगों से पर्यावरण की संरक्षण सुरक्षा एवं बढ़ावा के लिए अधिक से अधिक पौधा लगाने को कहा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर क्षत्रीय आउटरीच ब्यूरो के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भी अपने कार्यालय सेन्की व्यू में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने कहा कि पासीघाट अपनी पर्यटन क्षमता को विकसित करता है तो बदले में क्षेत्र में आर्थिक विकास ला सकता है पासीघाट में ईस्ट सियांग जिले के अरुणाचल पर्यटन सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुश्री सिंह ने कहा कि पासीघाट अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व और सुंदर दृष्यों के साथ राज्य की शीर्ष पर्यटन स्थल के रुप में उभरने की क्षमता रखता है

तिरप जिला डी डी एस ई पुबी लोम्बी ने गत सोमवार और मंगलवार को खोंसा तथा बारी बासिप में कई सरकारी स्कूलों में आकास्मक दौरा करते हुए अनुपस्थित कई शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया